इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में मौजूद निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हिमाचल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में यूएई के लोगों को शामिल होने का न्यौता भी दिया रोड शो में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने यूएई में भारतीय व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और मनोज कुमार भी मौजूद रहे नशा निरोधक आज मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस है मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का विषय न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय है इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पुलिस विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नशा निवारण रैली निकाली गई शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के प्रयोग से समाज की नींव खोखली होती है और नशा बाल शोषण व घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया ऊना में आयोजित ज़िलास्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार ने नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने का आहवान किया इस दौरान आईटीआई ऊना में पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया चम्बा जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पुलिस विभाग के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया प्रतिनिधिमण्डल किन्नौर भाजपा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी बाद में प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके सरकारी आवास में भेंट की और उन्हें नरेन्द्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी प्रतिनिधि मण्डल ने दोनों नेताओं को किन्नौरी परम्परा के अनुसार टोपी और खतक पहना कर सम्मानित किया इंदु पटियाल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता इंदु पटियाल ने बंजार बस हादसे के घायलों को सरकार द्वारा दी गई राहत राशि को बेहद कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद सरकार ने ओवर लोडिंग न करने के आदेश तो जारी कर दिए मगर अतिरिक्त बसें न लगाए जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किन्नर कैलाश किन्नौर ज़िला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है

उन्होंने कहा कि इस हादसे को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से यात्रा पर रोक लगाई गई है एसडीएम ने बताया कि मृतकों की पहचान पियूष वर्मा कुमारसेन जबकि वरूण सिंह झज्जर हरियाणा के रूप में की गई है और इनके शवों को रिकांगपिओ लाया जा रहा है सड़क सुरक्षा ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने अधिकारियों को बसों में ओवर लोडिंग की समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए ऊना में आज सड़क सुरक्षा पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ज़रूरत के अनुसार विभिन्न सड़क मार्गों पर अतिरिक्त बसे चलाने समय सारिणी में बदलाव करने व तंग सड़कों पर मैक्सी कैब चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा उधर धर्मशाला में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने एचआरटीसी व निजी बस संचालकों के साथ बैठक कर लोगों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम और सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करने पर ज़ोर दिया सम्मान निधि बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पात्र किसानों को देने के लिए लंबित राजस्व कार्यों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं बिलासपुर में आज एक मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब राजस्व रिकार्ड में भूमि उनके नाम पर हो जाएगी